भारतीय जनता पार्टी ने आज नई दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिये अपना च्नाव घोषणा पत्र जारी किया संकल्प पत्र नाम से यह च्नाव घोषणा पत्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पार्टी अध्यक्ष अमित शाह केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह अरूण जेटली स्षमा स्वराज और पार्टी के अन्य नेताओं की मौजूदगी में जारी किया गया इससे पहले इस मौके पर बोलते हये पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने देश को पिछले पांच वर्षो में निर्णय लेने में सक्षम सरकार दी है

संकल्प पत्र में कहा गया है कि फिर से सता में आने पर नागरिक संशोधन बिला परित करवाया जायेगा और खर्च बचाने के लिये एक देश एक चूनाव का वायदा भी किया गया है पार्टी ने कहा है कि सभी सिंचाई परियोजनाएं प्री की जायेगी

संकल्प पत्र में विकास मे जन भागीदारी यकीनी बनाने का वायदा भी किया गया है श्री राजनाथ ने बताया कि संकल्प पत्र में हमने वादा किया है कि अगर सता में फिर से आये तो एक लाख रूपये के लघ् अवधि कृषि ऋण पर पांच वर्षो तक कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा लेकिन मूल राशि को समय पर वापिस करना होगा सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर बनी फिल्म को रिलीज़ करने पर इस समय रोक लगाने के आदेश जारी नहीं किये जा सकते क्योकि सेंसर बोर्ड ने अभी फिल्म का सर्टिफिकेट जारी करना है सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि इस मामले को कल सुना जायेगा और यादि याचिका कर्ता रिकार्ड पर वह बात लाता है कि जो फिलम में सबसे अधिक आपत्तिजनक है जो संमवत आदेश जारी किया जा सकता है मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है की याचिका को ठुकराते समय यह भी कहा कि उन्हें फिल्म की कापी दी जानी चाहिए कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव घोषणा पत्रकेवल एक व्यकित पर केन्द्रित है जबकि कांग्रेस का घोषणा पत्र आम जनता के विकास पर आधारित है नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हये पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमतद पटेल ने कहा कि भाजपा को घोषणा पत्र की जगह माफी नामा जारी करना चाहिए

पार्टी प्रवक्ता रणदीप स्रजेवाला ने कहा है कि घोषणा पत्र जारी करते समय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओ ने चर्चा का विषय रही नोटबंदी वस्त् एंव सेवा कर जीएसटी और नौकरियों पर कुछ नहीं कहा श्री सुरजेवाला ने भाजपा को विभिन्न वर्गो से किए गये वायदे वादे दिलाते हये हर क्षेत्र मे नाकाम होने का आरोप लगाया है मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने च्नावी घोषणा पत्र में राम मंदिर का इस्तेमाल करके सांप्रदायिक घ्रवीकरण को बढ़ा रही है नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के महासचिव सीताराम येच्री ने कहा कि भाजपा इस मुददे की पिछले तीस सालों से इस्तेमाल करते हये हिन्द्रत्व के वोट बैंक को मजबूत कर रही है उन्होंने कहा कि सताधारी पार्टी का घोषणा पत्र लंबे वायदों की ताजी सूची है पर लोग एनडीए सरकार द्वारा गत पांच सालों में लोगों के जीवन और आजीविका को प्रभावित करने वाले गलत निर्णयों को कभी नहीं भुला पायेंगे लोकसभा च्नावों दौरान प्रदेश में शांतिपूर्ण माहौल स्निश्चित करने के लिये हरियाणा प्लिस द्वारा अब तक क्ल दो लोख पैंतीस हजार पांच सौ पन्द्रह बोतल अवैध शराब तथा हेरोइन अफीम चूरापोस्त गांजा स्मैक चरस सहित एक हजार नौ सौ तिरासी किलो सात सौ ग्राम से अधिक मादक पदार्थ जब्त किया है अतिरिक्त प्लिस महानिदेशक नवदीप सिंह ने आज चंडीगढ़ में यह जानकारी देते हये बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर प्लिस द्वारा अब तक करोड़ रूपये की देसी व अंग्रेजी शराब पकड़ी गई है इसके अतिरिक्त राज्य प्लिस दवारा आठ सौ अठानबे किलो नौ सौ अस्सी ग्राम गांजा छ सौ सतावन किलो छ सौ साठ ग्राम च्रापोस्त एक हजार सात सौ दस ग्राम चार सौ नौ मिली ग्राम हेरोइन तेरह किलो नौ सौ चालीस ग्राम आठ सौ मिलीग्राम अफीम तीन सौ दो ग्राम पांच सौ मिली ग्राम स्मैक सात किलो छ सौ इक्यावनबे ग्राम चार सौं मिलीग्राम चरस एक किलो आठ सौ पन्द्रह ग्राम सुल्फा तीन सौ चौरासी मिलो छ सौ ग्राम हरी अफीम और सत्रह कोकीन डोडा जब्त किया है सर्वोच्च न्यायालय ने च्नाव आयोग को निर्देश दिया है कि लोकसभा च्नाव दौरान वीवीपैट सलिप की जांच एक ब्रथ प्रति विधानसभा क्षेत्र से बधाकर पांच किया जाये

याचिका कर्ता विधानसभा क्षेत्र के च्ने हये पोलिंग बूथों और कम से कम पचास प्रतिशत वीवीपैट सपिल की जांच की मांग कर रहे थे याचिका कर्ता ने चुनाव आयोग के उस फैसले को भी च्नौती दी थी जिसमें विधानसभा क्षेत्र के अंदाजे से च्ने गये सिर्फ एक ब्थ पर वीवीपैट की जांच का फैसला किया था च्नाव आयोग ने शपथ पत्र दायर कर वीवीपैट की पचास प्रतिशत जांच में आने वाले रूकावओं की जानकारी दी च्नाव आयोग ने यह भी कहा है कि इसमे परिणाम घोषित करने मे छ दिनों की देरी भी हो सकती है

काबिलेगौर है कि इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सज्जन क्मार को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जा चुकी है

श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस पी अरोड़ा ने बताया कि मेला परिसर में आठ भंडारे लगाये गये है और कावड़ सेवा दल द्वारा निरंतर रक्तदान शिविर लगाये जा रहे है

सम्मेलन विषयों जैसे शिक्षा और इसके प्रयोग को खोज के साथ जोड़ना लोगों के स्वास्थ्य मे होम्योपैथी की भूमिका और शैक्षणिक संस्थानों मे अन्संधान की मूलभूत सरचना को मंजबूत बनाने पर बात चीत की जायेगी हरियाणा में आज कई जगह हल्की से दरमियानी वर्षा हुई यम्नानगर से हमारे संवाददाता के अन्सार दोपहर के समय जिले के कई इलाकों में मौसम बिगड़ने से फसलों का नुकसान हुआ है तूफान के साथ हुई ओलावृष्टि व तेज़ बरसात ने गेहं की फसल को भारी न्कसान पहंचाया है लगभग अस्सी फीसदी गेहं की फसल नीचे गिर गई है उधर अम्बाला में भी तेज़ वर्षा की खबर है